कहा सतर्क रहें और चुनौतियां उठाने को तैयार रहें

प्रदेश की राज्यसभा सीट पर हुये निर्वाचन में भाजपा प्रत्याशी सैय्यद जफर इस्लाम निर्विरोध निर्वाचित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के प्रशिक्षुओं से कहा है कि वे अप्रत्याशित घटनाओं से सतर्क रहें और उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें उन्होंने युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि महिला पुलिस अधिकारी इस दिशा में बेहतर काम कर सकती हैं प्रधानमंत्री कल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं की दीक्षांत परेड को संबोधित कर रहे थे कॉन्सटेब्लरी लेवल की इंटेलिजेंस पुलिसिंग के लिए बहुत आवश्यक होती है जी इसमें कभी कोई कभी मत आने देना आपको अपने एस्सर्ट अपने रिसोर्स इसको जितना पनपा सकते हैं पनपा पर थाने के लोगों को बल दिया जाना चाहिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए लेकिन इन दिनों टेक्नॉलोजी इतनी बड़ी मात्रा में सरलता से उपलब्ध है इन दिनों जितने भी क्राइम डिटेक्ट होते हैं उसमें टेक्नॉलोजी बहुत मदद कर रही है चाहे सीसीटीवी कैमरा फुटेज हो चाहे मोबाइल ट्रेकिंग हो आपको बहुत बड़ी मदद करती है अच्छी चीज है श्री मोदी ने युवाओं को जीवन के श्रूआती सालों में गलत दिशा में जाने से रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान तनाव घटाने के लिए अपने शिक्षकों और प्रियजनों से बात करनी चाहिए उन्होंने कहा कि योग और प्राणायाम के माध्यम से तनाव दूर किया जा सकता है

काम कितना ही होगा आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित ही होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षुओं को अपनी वर्दी पर गर्व होना चाहिए और कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान पुलिस के अच्छे काम लोगों के बीच याद किए जायेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर वाराणसी तथा गोरखपुर में कोविड नाइन्टीन के संक्रमण को रोकने के लिये विशेष प्रयास किये जाने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को आज कानपुर जाकर मौके पर जिले की चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा है उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास लखनऊ में चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री कल लखनऊ स्थित लोकभवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ और कानपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये कमियों को चिन्हित करते हुए उनका निराकरण कराया जाये इसके लिये उन्होंने डोर टू डोर सर्व कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा मेडिकल टेस्टिंग के कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया मुख्यमंत्री ने कहा कि कारागारों में कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये सभी जरूरी कदम उठाते हुए जेल कर्मियों की भी नियमित जांच की जाये उन्होंने कहा कि कैदियों को जेल भेजने से पहले अस्थाई जेल में रखा जाये एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से स्वास्थ्य विमाग के निर्देशों और इस दिशा में उगए जा रहे कदमों के बावजूद राजधानी लखनऊ में कोरोना मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है

इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के ज्यादा मामलों की संख्या देखते हुए तखनऊ कानपुर और वाराणसी जनपदों में विशेष ध्यान देने और विशेषज्ञों की टीम भेजने के निर्देश दिए हैं

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन से रिक्त हुई प्रदेश की राज्यसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी सैय्यद जफर इस्लाम को कल निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया निर्वाचन अधिकारी ब्रज भूषण द्वे ने बताया कि इस सीट पर तीन लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया था जिसमें भाजपा की ओर से सैय्यद जफर इस्लाम और गोविन्द नारायण शुक्ला तथा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर महेश शर्मा शामिल थे उन्होंने बताया कि कल नामांकन वापसी के अंतिम दिन गोविन्द नारायण शुक्ला ने अपना नाम वापस ले लिया जबकि निर्दलीय प्रत्याशी महेश शर्मा का नामांकन पत्र कोई प्रस्तावक न होने के कारण खारिज कर दिया गया था इसके बाद राज्यसभा निर्वाचन के लिये सैय्यद जफर इस्लाम को एकमात्र प्रत्याशी होने के कारण निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया गया उच्चतम न्यायाल ने कल मेडिकल और इंजिनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के बारे में विपक्षी पार्टियों के शासन वाले छह राज्यों के मंत्रियों की संयुक्त याचिका समेत उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें न्यायालय के सत्रह अगस्त के उस फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया गया था न्यायालय के इस फैसले से संयुक्त प्रवेश परीक्षा और राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा के आयोजन का रास्ता साफ हआ था न्यायमूर्ति अशोक भूषण न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मूरारी की पीठ ने इन याचिकाओं पर विचार करने के बाद उन आवेदनों को भी खारिज कर दिया जिसमें खुली अदालत में याचिकाओं की समीक्षा के लिए तारीख तय करने का अनुरोध किया गया था न्यायालय के फैसले के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन पहली सितम्बर से छह सितम्बर तक कर रही है जबकि राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा तेरह सितम्बर को होगी देश में अब तक कोविड संक्रमण से तीस लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं एक दिन में इस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या छाछठ हजार छः सौ उन्सठ है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है और यह दर सतहत्तर दशमलव एक पांच प्रतिशत हो गई है मंत्रालय ने कहा कि दो महीनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या चार ग्णा से अधिक हो गई है प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के छः हजार एक सौ तिरान्नबे नये मामले सामने आए हैं राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर दो लाख तिरपन हजार एक सौ पचहत्तर पहुंच गई है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि कोरोना संक्रमित एक लाख नबे हजार आठ सौ अट्ठारह मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से एक दिन में इकहत्तर रोगियों की मौत हो जाने से मृतक संख्या बढ़कर तीन हजार सात सौ बासठ हो गई है शिक्षक दिवस आज मनाया जा रहा है यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक तथा शिक्षाशास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक भी थे जिन्होनें शिक्षक की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा था कि शिक्षक हमें शिक्षा ही नहीं देते बल्कि वे हमारे नैतिक गुरू हैं और विद्यार्थियों को जीवन मूल्यें का पाठ सिखाते हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे